नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन गया है आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है यह कानून पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत आये हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और इसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है और नागरिकता संशोधन विधेयक किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता और न ही किसी का अधिकार छीनता है सीबीआई पटना ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मुजफ्फरपूर के कांटी स्थित एनटीपीसी के तीन अधिकारियों और एक निजी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है इसमें सीनियर मैनेजर संतोष तिवारी डिप्टी मैनेजर प्रवीण कुमार और अभिषेक भूषण के नाम शामिल हैं इन अधिकारियों पर एनटीपीसी कांटी के रखरखाव में लगभग सड़सठ लाख रूपये गबन का आरोप है प्राप्त जानकारी के अनुसार एनटीपीसी विजिलेंस ने गबन के इस मामले का खुलासा किया इसके बाद एनटीपीसी ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में बहुदिव्यांग यानि मल्टीपल डिजेबल पर्सन को चार प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया है कोर्ट ने बहुदिव्यांगों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करने के लिए भी कहा है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बहुदिव्यांगों के लिए तय आरक्षण सीट किसी भी हाल में दूसरी कोटि के उम्मीदवारों से नहीं भरा जायेगा और इन रिक्त सीटों को अगले वर्ष होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में जोर दिया जायेगा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी मुआवजे के मुद्दे को लेकर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों का खंडन किया है उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को अगस्त से मुआवजा नहीं दिया गया है और केन्द्र राज्यों के प्रति जीएसटी मुआवजे की प्रतिबद्धता पूरी करेगा वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक तीन दो हजार उन्नीस पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि दो हजार सत्रह अठारह के आईजीएसटी बकायों पर जीएसटी परिषद ने विचार विमर्श किया था और इसकी समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है केंद्र सरकार बारह हजार छह सौ साठ टन अतिरिक्त प्याज का आयात करेगी यह प्याज सत्ताईस दिसम्बर से भारत पहुंचना शुरू हो जाएगा सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक लगभग तीस हजार टन प्याज के आयात का अनुबंध हो चुका है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एमएमटीसी को अतिरिक्त पन्द्रह हजार टन प्याज के आयात की निविदाएं जारी करने का भी निर्देश दिया है राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि किसी भी देश की पहचान उसकी भौतिक और आर्थिक प्रगति से ज्यादा उसकी सांस्कृतिक समृद्धि पर निर्मर करती है श्री चौहान ने पटना में उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति बहुरंगी है उन्होंने कहा कि प्रान्त जाति भाषा प्रकृति सबकी विविधता के बावजूद हमारी सांस्कृतिक पहचान एक है राजधानी पटन समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में देर रात से गरज के साथ बारिश हो रही है इससे तापमान में गिरावट आयी है और ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में आज और कल बारिश होने का सिलसिला जारी रहेगा उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य क्षेत्रों मे कम दबाव का सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण बारिश हो रही है रेलवे बोर्ड ने रक्सौल काठमांडू रेल लाईन के लिए डीपीआर बनाने को मंजूरी दे दी है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जल्द ही डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी का चयन किया जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से रेल लाईन के प्राथमिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है इस रेल लाईन के बन जाने से रक्सौल से काठमांडू जाने में आधे से अधिक समय की बचत होगी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि सरकार ने सात जिलों में आठ सड़क परियोजनाओं के लिए एक सौ पैंसठ करोड़ रूपये की मंजूरी प्रदान कर दी है उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में नयी सड़कों का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य शामिल हैं श्री यादव ने कहा कि इन कार्यों को अगले दो साल में पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक क्मार सिंह ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण कार्य में जुटे प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का दैनिक मूल्यांकन किया जायेगा उन्होंने कहा कि हर अमीन को प्रतिदिन सौ प्लॉटों का सर्वेक्षण करना है श्री सिंह ने कहा कि संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दो हजार चौबीस तक पटना के पौने दो लाख घरों में रसोई गैस पीएनजी की आपूर्ति पाईपलाईन से की जायेगी उन्होंने पटना में कहा कि सिटी गैस ड्रिस्ट्रीब्यूसनसीजीडी के तहत दो हजार चौबीस तक पौने दो लाख घरों में पीएनजी और दो लाख बीस हजार गाड़ियों को सीएनजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि अब तक पटना में नौ हजार से अधिक घरों में पाईपलाईन से पीएनजी का कनेक्शन दे दिया गया है अगले साल मार्च तक छह हजार और घरों में कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा प्रदेश के नगर निकायों में अगला चुनाव दलीय आधार पर हो सकता है विकास और प्रबंधन संस्थान पटना ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट को नगर विकास और आवास विभाग को सौंप दिया है नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार इस दिशा में कोई फैसला लेगी बिहार राज्य सतर्कता अन्वेष्ण ब्यूरो की आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग के एक मुख्य अभियंता और उसकी पत्नी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी विशेष अदालत को साँप दी पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव निवासी विकास कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है पटना जिले में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण में आज नौ प्रखंडों में मतदान होगा इन प्रखंडों में चौदह पैक्स अध्यक्ष को निर्विरोध चुन लिया गया है जबकि एक सौ सात अध्यक्ष पदों के लिए मतदान होगा आज के सभी समाचार पत्रों ने असम में जारी विरोध प्रदर्शन की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है असम में पुलिस की गोली से तीन मरे जबकि प्रभात खबर का शीर्षक है असम में बिगड़े हालात विधायक का घर और रेलवे स्टेशन फूंका दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौसम के अनुकूल फसल पर हो रिसर्च हिन्दुस्तान की एक अन्य सुर्खी है अपार्टमेंट के जमीन मालिक का असेसमेंट इसी माह दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में बालू बंदोबस्ती का साफ हुआ रास्ता अब जल्द ही नीलाम होंगे घाट